बदले की कार्यवाही में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रेखा पर संघर्षविराम का उल्लंघन किया है भारतीय सेना ने कल रात जम्मू संभाग के राजौरी और पुंछ जिले में सीमापार से हुई गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान की पांच अग्रिम चौकियों को नष्ट कर दिया

ग्रामीणों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को आबादी वाले घरों से मोर्टार और मिसाइलें दागते देखा गया रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय सैनिकों ने कड़ा जवाब देते हुए पाकिस्तान के कई सैनिकों को मार गिराया है हालांकि दोनों ओर से हुई गोलीबारी में पांच भारतीय जवान भी घायल हुए है

इस दौरान सभी पार्टियों के नेताओं ने एक स्वर में सुरक्षा बलों की प्रशंसा की और आतंक के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया इस मामले पर अमरीका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत के हवाई हमले के बाद चीन समेत किसी भी देश ने पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोला है मोदी इस्कान मंदिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में गीता अराधना महोत्समव के अवसर पर इस्कॉन मंदिर के श्रद्धालुओं द्वारा तैयार भगवद्गीता का अनावरण किया करीब साढ़े तीन मीटर लम्बी और ढाई मीटर से अधिक चौड़ी आठ सौ किलोग्राम वजन वाली भगवद्गीता की यह प्रति दुनिया में अपनी तरह की अनोखी है इसमें भगवदगीता के मूल श्लोकों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी दी गई है इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भगवद ्गीता दुनिया को भारत का सबसे प्रेरणादायक उपहार है और हजारों वर्ष बाद भी यह मनुष्य के लिए प्रासंगिक बनी हुई है उन्होंने कहा कि गीता आपसी सद्भाव और भाईचारे का पाठ सिखाती है मंत्रिपरिषद निर्णय मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में कल हई मंत्रिपरिषद की बैठक में भारतीय वायू सेना द्वारा की गई कार्यवाही पर प्रशंसा प्रस्ताव पारित किया गया

राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाताओं तथा पेंशनर्स को नगद भुगतान किया जाएगा मंत्रि परिषद ने माँ नर्मदा नदी न्यास और माँ ताप्ती नदी न्यास बनाने की मंजूरी दी है प्रस्तावित न्यास इन नदी के हित संरक्षण के लिए विभिन्न आवश्यक कार्य करेंगे खेल और यूवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न खेल अकादमियों के सुद्दढ़ीकरण के लिए नये उच्च तकनीकी विषय विशेषज्ञों की सेवाएं आवश्यक हों इसके लिए पूर्व में जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के स्थान पर नवीन मार्गदर्शी सिद्धात की स्वीकृति दी गई

सौभाग्य पुरस्कार प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर को कल ग्रड़गाँव में सौभाग्य अवार्ड दिया गया

केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने यह पुरस्कार प्रदान किया

श्री नाथ ने बताया कि प्रदेश के औद्योगीकरण और रोजगार के लिए उद्योगपतियों में विश्वास पैदा किया जा रहा है

अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

मुख्यमंत्री ने मासूमों के पिता बृजेश रावत को आश्वस्त किया है कि उनके परिवार पर जो दुख का पहाड़ दूटा है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती लेकिन फॉस्ट ट्रेक न्यायालय के जरिए इस पूरे मामले की सुनवाई कर अपराधियों को फांसी की सजा मिले इसका पूरा प्रयास सरकार करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि मासूम बच्चों के परिवार को न्याय दिलाना उनकी जिम्मेदारी है जिसे वे पूरी करेंगे श्री नाथ ने कहा कि इस निर्मम हत्याकांड के अपराधियों को जहां से भी और जिसने भी संरक्षण दिया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा किकेट भारत और आस्ट्रेलिया के बीच दो अंतर्राष्ट्रीय ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट मैचों की श्रंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच शाम सात बजे शुरू होगा रविवार को विशाखापत्तनम में खेले गए पहले मैच आस्ट्रेलिया ने भारत को तीन विकेट से हरा दिया था इसके बाद पांच एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच शनिवार को हैदराबाद में खेला जाएगा

हम किसानों के साथ यह धोखाधड़ी नहीं होने देंगे

मुरैना में तेज बारिश के साथ गिरे झाबुआ में बूंदाबांदी हुई वहीं उज्जैन में तेज आंधी के साथ हवा चली और हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश भी हुई